राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि इस दौरान चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा भी उनके साथ होंगे चुनाव आयुक्त विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए की जा रही तैयारियां का जायजा लेंगे पहले दिन आज प्रदेश में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से रूबरू होकर चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जायेगी इस दौरान स्वीप प्रदर्शनी का भी उदघाटन किया जाएगा

प्रक्षेपण यान कल रात दस बजकर आठ मिनट पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से छोड़ा गया राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्च की ओर से आज प्रदेशभर में हड़ताल की जा रही है इनके समर्थन में जयपुर में लो फ्लोर बसों के कर्मचारी भी हड़ताल पर है हड़ताल से प्रदेश में चार हजार पांच सौ रोड़वेज बसों का संचालन प्रभावित होने की संभावना है रोड़वेज कर्मचारियों के एक गुट ने हड़ताल का विरोध किया है

यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड रहा है राजस्थान अधीनस्थ औरं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड की ओर से कल हई जुनियर असिस्टेंट क्लर्क ग्रेड द्वितीय पद की लिखित परीक्षा के दौरान जोधप्र में ब्लूट्थ से नकल कराने वाली गैंग के चार अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया पुलिस उपायुक्त ने बताया कि महामंदिर थाना क्षेत्र में एक स्कूल में तलाशी ली गई वहां एक अभ्यर्थी के कान में माइक्रो कैप्सल मिला ब्लूटथ अण्डरवियर में था और इसकी केबल बनियान में टेप से चिपकी थी इसके बाद महामंदिर क्षेत्र में ही एक अन्य स्कूल से दो लोगो और बिच्छवाल थाना क्षेत्र में एक अन्य को हिरासत में लिया गया आरोपियों से बरामद डिवाइस में सिम भी लगी थी चारों अभ्यर्थी को बीकानेर जिले में कहीं से मोबाइल के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे थे पुलिस के अनुसार चारों एक ही गैंग के सम्पर्क में थे इनसे पांच लाख रुपए लेकर परीक्षा पास कराने की गारंटी दी गई थी इनके अलावा एक युवती सहित दो फर्जी परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया सरकार की कौशल विकास योजना से सीकर जिले के निवासी भी विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं

कर्नल राज्यवर्धन ने अलग अलग स्थानों पर सभाओं को सम्बोधित करते हए केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी कर्नल राठौड ने बानसूर में शहीदो को श्रद्धांजलि दी

वहीं दूसरी घटना नोख के विक्रमपुर में हई जहां इंदिरा गांधी नहर में पैर फिसलकर डूबने से एक युवक की मौत हो गई